उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में मानसून की लगभग सामान्य वर्षा होने की संभावना है प्रदेश को भीषण गर्मी से आज भी राहत नहीं मिली

दिन में सड़कें सूनी नजरें आ रही हैं

राजसमंद में भी लोगों को गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन करने पड रहे हैं

अलवर में तेज गर्मी के साथ पेयजल की भी किल्लत हो गई है पानी के संकट से परेशान महिलाओं ने आज अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली के सामने प्रदर्शन किया

दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर साल आज का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचात्मक कदम उठाए जा सकें इस वर्ष की थीम है वायु प्रदूषण संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस लोगों उद्यमों और समुदायों को पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

सीकर में वन विभाग और स्काउट और गाईड की और से पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई वहीं बांसवाडा में भी दौड का आयोजन किया गया उधर धौलपुर में वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिये अधिक से अधिक पेड लगाने का आहवान किया

झालावाड में भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को कार्यक्रमों के जरिये जागरूक किया गया राजसमंद में आज पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई

च्रू बाड़मेर भरतपुर नागौरपाली सिरोही टोंक जालौर बांसवाडा और दौसा में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

इस मौके पर लोग सुबह से ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे है डूंगरपुर जिले में आज घाटी से एक जुलुस निकाला गया इसके बाद वहां सामूहिक नमाज अदा की गई बीकानेर में बडे ईदगाह मस्जिदों सहित गंगाशहर रोड स्थित ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई बाडमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि ईद के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह है अजमेर में ईद उल फितर के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और ईदगाह सहित अनेक मस्जिदों में नमाज अदा की गई

बांसवाडा में पाला मस्जिद में नमाज अदा की गई बूंदी दौसा राजसमंद धौलपुर सिरोही नागौर भरतपुर बीकानेर जालौर प्रतापगढ पाली टोंक और चूरू में भी ईद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों को भीषण गर्मी के बीच पेयजल परियाजनाओं के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने को कहा है श्री गहलोत ने आज जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक मेंये भी निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में सभी ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुरूप थ्री फेज और सिंगल फेज बिजली उपलब्ध कराएं

वायुसेना ने एक टवीट में कहा कि इसरो के कार्टोसैट और रिसैट उपग्रह विमान के लापता होने के स्थल की तस्वीरें ले रहे हैं